मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को प्रदेश के औद्योगिक विकास का आधार बताते हुए कहा कि इन इकाइयों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाए मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ पूर्णबंदी व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वृद्धि से जुड़े मामलों में तेजी से निर्णय लेने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नॉन कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपाय करते हुए इमरजेंसी सेवाओं का संचालन किया जाए उन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर और उनमें तैनात कर्मियों को ग्लव्स और मास्क अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि टेलीफोन के माध्यम से लोगों को चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए राज्य में टेलीमेडिसिन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है इसके साथ ही ई हॉस्पिटल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि संक्रमण का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है साथ ही प्रदेश सरकार ने लोगों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी देने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है श्री योगी ने प्रदेशवासियों से इन दोनों ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की अपील की है इस बीच पूर्णबंदी में राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जनपदों में स्टेशनरी और किताबों की दुकानें खोलने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिए हैं केन्द्र सरकार विदेशों में फसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वन्दे भारत मिशन आज से शुरू करेगी इसके तहत बारह देशों से चौदह हजार आठ सौ से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा इस दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चौसठ उड़ानों का संचालन किया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक करीब उन्तालीस करोड़ लोगों को चौंतीस हजार आठ सौ करोड़ रूपये वितरित किये गये हैं इस वर्ष मार्च में घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जाती है केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रही हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि लाभार्थियों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए इस काम में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग के नियंत्रण अध्यादेश दो हजार बीस के प्रारूप का अनुमोदन किया गया साथ ही उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली दो हजार बीस को भी अनुमोदित किया गया मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए विभिन्न प्रकार की मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य के ऊपर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क अधिरोपित करते हुए अधिकतम फूटकर मूल्य का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में भी फैसला लिया साथ ही उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से अस्थाई छूट प्रदान किए जाने विषयक अध्यादेश दो हजार बीस को भी मंजूरी दी गई प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की सक्शल प्रदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब तक विभिन्न राज्यों से उन्नीस विशेष रेलगाड़ियां लगभग बाइस हजार श्रमिकों को लेकर प्रदेश पहुंच चुकी हैं उन्होंने बताया कि सात और विशेष रेलगाड़ियां भी पहुंच रही हैं श्री अवस्थी ने बताया कि गुजरात से अब तक सबसे अधिक तेरह रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंची हैं उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों से श्रमिकों को वापस लाने के लिए इकतालीस और रेलगाड़ियां चलाने पर सहमति बन चुकी है इसके अलावा बसों के द्वारा भी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लाया जा रहा है श्री अवस्थी ने बताया कि हरियाणा से तीस हजार कामगार परिवहन निगम की बसों से प्रदेश लाए जा रहे हैं राजस्थान से लगभग दस हजार श्रमिकों को राज्य में लाया जा रहा है

एक हजार एक सौ तीस लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और साठ लोगों की मृत्यु हुई है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार आठ सौ आठ है सबसे अधिक सोलह मामले कल कानपुर नगर में मिले जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दो सौ तिरपन हो गई है आगरा में पन्द्रह नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिले में सक्रिय मामलों की संख्या चार सौ इकत्तीस है फिरोजाबाद में बारह मामले मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक सौ छब्बीस हो गई है मेरठ में ग्यारह नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिले में एक्टिव मामलों की संख्या एक सौ ग्यारह है प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल और शराब पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि शराब पर टैक्स बढ़ाए जाने से राज्य सरकार को दो हजार तीन सौ पचास करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय होगी पेट्रोल के दाम दो रूपये प्रति लीटर और डीजल के दाम एक रूपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं शराब के दामों में दस रूपये से लेकर चार सौ रूपये तक की वृद्धि हुई है प्रदेश सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों तक पहुंचा रही है इसी क्रम में कल उत्तर प्रदेश कोविड केयर और मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक फेसबुक पेज पर फेसबुक मैसेंजर चैटबोट शुरू किया गया इसके माध्यम से सभी फेसबुक उपयोगकर्ता कोविड नाइन्टीन से जुड़ी सूचनाओं के अलावा जिलों में राहत के लिए तैनात नोडल अधिकारियों के फोन नंबर और आपातकालीन नंबर की जानकारी भी ले सकेंगे केन्द्र सरकार ने फीचर फोन या लैंडलाइन फोन उपभोक्ताओं के लिए आरोग्य सेतु आईवीआरएस सेवा शुरू की है यह टोल फ्री सेवा देशमर में उपलब्ध है इस सेवा के लिए लोगों को एक नौ दो एक नम्बर पर मिस्ड कॉल करना होगा इसके बाद उस व्यक्ति को फोन किया जाएगा और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी व्यक्ति से वही सवाल पूछे जाएंगे जो आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध हैं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर नागरिकों को एसएमएस के जरिए उनके स्वास्थ्य की स्थिति बताई जाएगी और भविष्य में अन्य अलर्ट भेजे जाएगे सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप में कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया है एक एथिकल हैकर द्वारा ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताये जाने के बाद सरकार का यह स्पष्टीकरण आया है सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि और आगे बढा दी है केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने वित्त वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए जीएसटी ऑडिट और वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख तीस सितम्बर दो हजार बीस कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान अश्वनी कुमार यादव के परिजनों को पचास लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है शहीद अश्वनी कुमार यादव गाजीपुर जिले के रहने वाले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाए दी हैं ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध का अहिंसा करूणा और मैत्री का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य निधि है उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के बताये मार्ग पर चलकर विश्व में शांति और सद्भाव का वातावरण सुजित किया जा सकता है श्री योगी ने कहा कि महात्मा बुद्ध का संदेश हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा इस बीच महात्मा ब्रुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मन्दिर में ब्रुद्ध पूर्णिमा पर आज होने वाले सभी धार्मिक आयोजन और समारोह स्थगित रहेंगे कोरोना महामारी के कारण हर साल पूर्व संध्या पर मंदिर में होने वाली विशेष पूजा भी स्थगित रही विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं सरकार ने विदेशों में फसे भारतीयों के लिए स्वदेश वापसी उड़ान गूगल फॉर्म जारी करने की खबरों का खंडन किया है सरकार ने इस गूगल फॉर्म से लिंक व्हाट्स एप संदेश को फर्जी बताया है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई फॉर्म जारी नहीं किया है लोगों को इस लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है और दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये ही पंजीकरण कराने को कहा गया है